कहा भारत सभी क्षेत्रों में दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उमर रहा है

प्रदेश भर में एक माह से चलाये जा रहे महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान का कल हुआ समापन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता कारोबार करने में सुगमता लाना और जीवन को सहज बनाना है उन्होंने कल पुषे में हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर तक मेट्रो लाइन के तीसरे चरण की आधारशिला रखे जाने के अक्सर पर कहा कि सरकार ने आघारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया है आज यहां पर जिन भी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है ये केन्द्र और महाराष्ट्र के सरकार के उस व्यापक वीजन का हिस्सा है जिसके केन्द्र में इक्कास्ट्रक्वर है बुनियादी सुविधाएं हैं बीर्ते चार साढ़े चार कर्षों से आप निरंतर देख रहे हैं कि कैसे इक्कास्ट्रक्वर पर इस सरकार का फोकस है देशमर में कनेक्टिविटी यानी हाईवे रेलये एयरवे वॉटरवे और आईवे को विस्तार और रफ्तार देने का काम तेज गति से चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से आम लोगों का जीवन सुगम हुआ है उन्होंने कहा कि देश में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार है चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आकश्यक इन्क्रास्ट्रचर हमारे पास तैयार है और यहां मौजूद हजारों युवा साथियों की तरह एक से एक इनोवेटिव माइंड्स की फौज भी हमारे पास तैयार है स्टार्टश्रप के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बढ़ा इकोसिस्टम बन चुका है

इससे पहले प्रघानमंत्री ने कल्याण में दो मेट्रो लाइन ठाणे भिवंडी कल्याण और दहीसर मीरा भयंदर की आघारशिला रखी इन पर पन्द्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी उन्हॉने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवी मुम्बई नगर नियोजन प्राधिकरण सिडको की सस्ते मकानों की परियोजना का भी शुनारंभ किया इस पर लगभग अट्ठारह हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी मुम्बई में सर्जिंग इंडिया कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत आर्थिक रक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक सहित समी क्षेत्रों में दृनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उमर रहा है सर्जिंग इंडिया ये दो राब्द एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की भावनाओं का प्रकटीकरण है जो आज पूरी दुनिया अनुमव कर रही है समाज जीवन के हर पहलु में वो वैश्विक मंच पर अपनी सही जगह की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था हो प्रतिभा हो सामाजिक व्यवस्था हो सांस्कृतिक मूल्य हो या फिर भारत की सामरिक ताकत हर स्तर पर भारत की पहचान और मजबूत हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में विकास कायों की गति और स्तर कई गुना बढ़ा है प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार दूर कर ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है प्रदेश क्विानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से लखनऊ में शुरू हो गया एजेंडे के अनुसार यह सत्र इक्कीस दिसम्बर तक चलेगा आज विधानमंडल के दोनों सदनों में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस का दूसरा अनुपूरक बजेट प्रस्तुत किया जायेगा कल दोनों सदनों की कार्यवाही दिवंगत सदस्यों को श्रद्दाजंति देने के साथ आज ग्यारह बर्जे तक के लिये स्थगित कर दी गई विघानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी तथा सदन के वर्तमान सदस्य रहे राम क्मार वर्मा के निघन की सुचनाए रखी और श्रद्वाजलि दी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस अपना दल और सुहेलदेव पार्टी र्क सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्वा सुमन अर्पित किये श्री तिवारी के निघन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास के लिये उल्लेखनीय कार्य किये जिससे समाज के सभी वर्गो को लाम हुआ उनकी सेवाओं के लिये उन्हे हमेशा याद किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि रामकुमार वर्मा भाजपा के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता थे श्रद्दाजलि के बाद सदन के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन को आज ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दिया विघान परिषद में केन्द्रीय संसदीय कार्य रसायन और उर्वरक मंत्री रहे अनन्त कुमार और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को श्रद्वाजंसि देने के बाद सभापति रमेश यादव ने सदन की कार्यवाही आज ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी इससे पहले कल सुबह विघानमंडल सत्र के सीमित अवधि कृल चार दिन तक रखने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने विघानसभा के समक्ष धरना दिया सपा के सदस्यों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया वह सदन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रमु ने कहा है कि आर्थिक सुधारों के साथ भारत सात आठ वर्ष में पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा कल नई दिल्ली में भारत तुर्की व्यापार मंच में श्री प्रमु ने कहा जब मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री बना था तब मैंने कहा था कि हम भारत की क्षमता के उन क्षेत्रों की ओर देख रहे हैं जिनके कारण आने वाले समय में हम पचास खरब डॉलर की अर्थव्यक्स्था बनने में सक्षम होंगे मुझे यह बताते हए प्रसन्नता हो रही है कि देश अगले सात आठ साल में पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसके लिए हमने पहले ही पूरा खाका तैयार कर लिया है श्री प्रमु ने कहा कि सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बारह प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है उन्होंने बताया कि भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र विश्व में सबसे तेजी से बीस प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है श्री प्रमु ने बताया कि अगले दस वर्ष में पैसठ अरब डॉलर के निवेश से सौ नये हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे

इससे जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है सरकार के स्तर पर इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में परिवहन विमाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला के समापन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे श्री योगी ने कहा कि चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करा के दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है उधर उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विमाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क परिवहन में सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है श्री मौर्य कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सड़क सुखा कार्यशाला दो हजार अट्ठारह के शुभारम्म अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सुरक्षा के तिये ओवर लोडिंग से बचने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वच्छता का संकल्प आज जन आन्दोलन बन गया है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिये केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पिछले महीने की बीस तारीख से शुरू हुये नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का कल समापन हो गया इस दौरान महिलाओं के साथ शिक्षा स्वरोजगार स्वास्थ्य एवं पोषण स्वच्छता और सुरक्षा जैसे विषयों पर सीधा संवाद स्थापित किया गया गत इक्कीस से छब्बीस नवम्बर तक राज्य में आठ सौ बीस विकासखंडो पर नारी सशक्तिकरण दूतों को प्रशिक्षित किया गया